प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं श्री मोदी ने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा कंटेनमेण्ट क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी और लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि यह संक्रमण नये क्षेत्रों में न फैल सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां क्छ शर्तो के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी श्री मोदी ने कहा कि नये दिशा निर्देश बनाते समय गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री के सुझावों पर अमल करेंगे अशोकनगर में आम लोगों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का स्वागत किया है

भारतीय रेलवे ने बताया कि सभी यात्री गाड़ियों के परिचालन पर रोक तीन मई की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए मालगाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा रेलवे ने तीन मई तक आरक्षण करा चुके लोगों को टिकट के रद्दीकरण पर प्ररा किराया वापस करने तथा अगले आदेश तक सभी प्रकार के आरक्षण को स्थगित करने का भी आदेश दिया है रेलवे के सुत्रों के अनुसार ई टिकट वाले यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है कैंसिलेशन और रिफंड आटोमैटिक हो जायेगा

यह फैंसला मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लिया गया है

अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है उन्होंने कहा कि किसी को भी लॉकडाउन बढाए जाने पर चिन्ता नहीं करनी चाहिए लगातार किये गये ट्वीट संदेशों में गृहमंत्री ने लोगों से उनके पास में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपील की सीबीएसई फिटनेस सत्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कल से विद्यार्थियों के लिए लाइव फिटनेस सत्र शुरू करने जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में आज कहा गया कि तीन मई तक देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हए ये अनुठी पहल की गई है कल सुबह साढे नौ बजे से शुरू होने वाले इन फिटनेस सत्रों को फिट इंडिया अभियान और सीबीएसई के फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज पर लाइव देखा जा सकता हैं

इन लाइव सत्रों में बच्चों की फिटनेस के सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा जिसमें रोज की कसरत से लेकर योग तक और पोषण से लेकर भावनात्मक विकास के बारे में जानकारी दी जायेगी

लेकिन जब हमारी मेडिकल टीम ने इनकी जांच की तो किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए

इनमें दो महिला और एक युवक शामिल हैं

उमरिया जिले में अब तक कोई भी व्यक्ति कोरोना प्रभावित नहीं पाया गया है

नीमच जिले में अधिकृत किये गये सब्जी और फल विक्रेताओं को बेनर लगाना अनिवार्य हो गया है

जो कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए सहायक होंगे रबी ई उपार्जन प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी कल से शुरू की जा रही है

भोपाल इंदौर और उज्जैन में गेहूँ की खरीदी के लिये तारीखें अलग से घोषित की जायेगी

खरीदी केन्द्र पर एक दिन में केवल छह किसानों को उनकी उपज बेचने के लिये मेसेज दिये जाएंगे खरीदी केन्द्र में गेहूँ की तुलाई दो पाली में की जाएगी

एक पाली में केवल तीन किसानों की उपज की तौल की जाएगी उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों से अन्न का हर एक दाना खरीदा जायेगा श्री चौहान ने किसानों से आग्रह किया है कि खरीदी केन्द्रों पर पूरी कार्यवाही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हों

उनकी जन्मस्थली मऊ में भी आज कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ जन्मस्थली के संचालकों ने प्रष्पांजलि अर्पित की और बाबासाहेब के अनुयायियों से घर में रहकर ही उनके आदर्शों का पालन करने की अपील की

उधर नीमच के अम्बेडकर सर्किल पर बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया